ड्रोन तकनीक से बनाया जायेगा पूरे प्रदेश का नक्शा राज्य सरकार ने किया करार

पूर्वी मध्यप्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना मोदी असम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज असम के कोकराझार में बोडो समझौते के बारे में आयोजित किए जा रहे एक समारोह में हिस्सा लेंगे

इस समझौते का लक्ष्य े सम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक बोडो समुदाय को राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करना है समझौते के अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के ढांचे को मज़बूत बनाया जाएगा उच्चतम न्यायालय निर्भया उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका की आज सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय ने इस मामले में चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी खसरे नक्शे नकल प्रदेश के आम लोगों और किसानों को खसरे एवं नक्शे की नकल सहजता से उपलब्ध हो सके इसके लिये राजस्व विभाग ने कल केन्द्र सरकार के सर्वे ऑफ इंडिया के साथ करार किया है राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत की मौजूदगी में हुए इस करार में नक्शे बनाने के लिए सर्वे ऑफ इण्डिया प्रदेश में पहली बार ड्रोन तकनीक का उपयोग करेगा राजस्व मंत्री ने बताया कि आम आदमी के पास भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज आबादी क्षेत्र का नक्शा और अधिकार अभिलेख नहीं होने से अवैध निर्माण बिक्री एवं सीमांकन के विवाद तथा शासकीय पर अतिक्रमण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए आबादी क्षेत्रों का नक्शा तैयार कराया जायेगा उन्होंने कहा कि घनी आबादी के कारण वर्तमान स्केल स्पष्ट रूप से दर्शाना संभव नहीं होता

युवा उत्सव उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि युवा पीढ़ी को समाज में नफरत और घृणा फैलाने वाले तत्वों से सावधान रहना चाहिए उन्होंने कहा कि समाज में समरसता के लिये सहिष्णुता और आपसी भाईचारा जरूरी है अन्यथा भावी पीढी को इसके दृष्परिणाम भूगतना होंगे वे कल छतरपुर के शासकीय महाराजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रथम युवा उत्सव को संबोधित कर रहे थे

प्रदेष की संस्कृति चिकित्सा और आयुष मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने इन दोनों विभूतियों को दो दो लाख रुपए की सम्मान निधि प्रषस्ति पत्र के साथ शाल और श्रीफल भेंट किए समारोह को संबोधित करते हये डॉ साधौ ने कहा कि हमें नयी पीढ़ी को भटकाव से बचाने के लिए कला साहित्य और संस्कृति से परिचित कराना जरूरी है राष्ट्रीय लता मंगेषकर सम्मान से सम्मानित दोनों हस्तियों ने मंच से अपने अनुभव भी साझा किए समारोह में राज्य स्तरीय लता मंगेषकर सुगम संगीत प्रतियोगिता के विजेताओं के अलावा सुमन कल्याणपुर एवं समूह और पार्ष्व गायिका मोनाली ठाकुर के दल ने गीत संगीत की प्रस्तुति दी

कल संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समारोह के लिए दो प्रस्तावित स्थलों डेली कॉलेज और एमराल्ड हाइट्स स्कूल का अवलोकन किया इस दौरान विद्यालय परिसरों में दर्शकों की बैठक व्यवस्था आवागमन यातायात सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया ये निरीक्षण रिपोर्ट राज्य षासन को भेजी जाएगी मौसम मौसम के बदलते मिजाज और ठंड के असर के बीच पूर्वी हिस्से में बारिश की गतिविधियां फिर से तेज होने की संभावना बन रही है

इन क्षेत्रों में कृछ स्थानों पर ओलावृष्टि और गरज के साथ मध्यम वर्षा भी हो सकती है वहीं तेज हवाएं चलने की भी संभावना है मौसम विज्ञानियों के अनुमान के अनुसार जबलपुर एवं शहडोल संभागों के जिलों सहित मंडला जबलपुर दमोह सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बारिश हो सकती है इधर राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों में ठंडी हवाये चलने से एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है